लगातार दूसरे दिन कल ग्रामीण क्षेत्रों में बीस घंटे और षहरी क्षेत्रों में अठारह घंटे तक बिजली कटौती हुई

राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याषी के रूप में दीपक प्रकाष ने नामांकन किया है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

उन्होंने दिल्ली में हाल की कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में कल राज्यसभा में बहस का जवाब देते हए यह स्पष्टीकरण दिया उन्होंने कहा कि एनपीआर के अंदर कोई डॉक्यमेंट मांगा नहीं जाएगा जितनी इन्फॉर्मेशन देनी है उतनी देने के लिए आप आजाद हैं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 दामोदर वैली कारपोरेषन के कमांड वाली सात जिलो में बिजली का गहन संकट उत्पन्न हो गया है लगातार दूसरे दिन ग्रामीण क्षेत्रों में बीस घंटे और षहरी क्षेत्रों में अठारह घंटे तक बिजली कटौती हो रही है झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड पर चार हजार नौ सौ पचपन करोड़ रूपये बकाया होने की वजह से डीवीसी बिजली आपूर्ति में कटौती कर रहा है वहीं बिजली संकट को देखते हए जेबीवीएनएल बकाया राषि में से चार सौ करोड रूपये देने को तैयार हो गया उर्जा विभाग के सचिव सह सीएमडी एल ख्यांग्ते की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में भुगतान प्रक्रिया षुरू करने का आदेष दिया है निगम के एमडी राजीव अरूण एक्का ने बताया कि बकाया राषि में दो सौ करोड़ रूपये का भूगतान तत्काल किया जाएगा डीवीसी के अधिकारी ने कहा कि कमांड एरिया में बिजली कटौती अभी जारी रहेगी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने इस मामले में कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीर है और समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है डीवीसी से हजारीबाग चतरा कोडरमा रामगढ़ बोकारो धनबाद और गिरिडीह जिले में बिजली की आपूर्ति की जाती है इन जिलो में बिजली कटौती की वजह से जलापूर्ति की व्यवस्था भी पूरी तरह प्रभावित हुई है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल विधानसभा में कहा कि जल्द ही झारखण्ड विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा उन्होंने कहा कि विस्थापन की समस्या बहत पहले से है कई विस्थापितों को ना तो नौकरी मिली है और ना मुआवजा हमारी सरकार जल्द ही विस्थापन आयोग बनाएगी और पांच साल में सभी मामलों का निपटारा किया जाएगा हजारीबाग के मल्लाह टोली मुहल्ले में कल रात आइस फैक्ट्री में हई द्र्घटना में एक महिला की मौत हो गई वहीं बाईस लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार स्थिति पर पूरी तरह निगाह रखे हए है उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोई भी केंद्रीय मंत्री विदेश यात्रा नहीं करेगा साथ ही उन्होंने देशवासियों से अनावश्यक यात्राओं को टालने की सलाह दी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 उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालयों और राज्यों द्वारा सरक्षा बरतने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि इन उपायों में वीजा निलंबन तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना शामिल है वहीं द्रसरी तरफ कोरोना वायरस से देष में पहली मौत कर्नाटक के कुलबर्गी षहर में हुई है वहीं रांची में कल रिम्स में एनडीआरएफ की टीम ने आइसोलेषन वार्ड का निरीक्षण किया वहीं रिम्स से कोलकाता भेजे गए तीन मरीजों के सैंपल में से दो की रिपोर्ट नेगेटिव आई है तथा एक व्यक्ति का सैंपल विदेष से नहीं आने के कारण रिजेक्ट किया गया रिम्स प्रबंधन ने कोरोना की जांच के लिए आवष्यक मषीनें षीघ्र खरीदने का निर्णय लिया है

नामांकन के मौके पर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सांसद अरूण सिंह संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल थे यूपीए ने कांग्रेस नेता षहजादा अनवर को दूसरे प्रत्याषी के रूप में उतारा है

उनका मुकाबला भाजपा के प्रत्याषी दीपक प्रकाष से होगा और पूर्व में षिब् सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से राज्यसभा के लिए पर्चा भरा

इसी दौरान बुंडू थाना क्षेत्र में कल देर रात यह दुर्घटना घटी रांची के खेलगांव में चलने वाले सीसीएल और झारखण्ड सरकार की ओर से संचालित झारखण्ड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी के षुटिंग कोच भगीरथ समाई को बर्खास्त कर दिया गया है